मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की मांग की है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अपार क्षमता है और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से शोध व अनुसंधान कार्यों को भी गति मिलेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूरे उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि पालमपुर हवाई रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और विश्वविद्यालय में पर्याप्त अधो संरचना उपलब्ध है मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये कृषि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएगा सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है और संस्कृत को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इसे और अधिक व्यवहारिक व सरल बनाने की आवश्यकता है शिमला में आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूज़ लैटर का विमोचन करने के बाद उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गृह शिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है जयराम ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा वैदिक गणित और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत भी बताई मुख्यमंत्री ने बोर्ड को सभी परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा ताकि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोका जा सके

इस दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे गरीब कल्याण योजना केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है

कुल्लू जिले के किसान इस योजना के तहत प्राप्त राशि से बेहद खुश हैं और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है उधर जनजातीय ज़िला किन्नौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से खुश गरीब व जरूरतमंद लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है

उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों से केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है

हमीरपुर ज़िले के कोविड केयर सेंटर भोटा और इग्गा में उपचाराधीन दो कोरोना संक्रमित लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि कांगड़ा से भी दो मरीज़ स्वस्थ हुए हैं शांताकुमार पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की गिरफ्तारी का स्वागत करते हुए इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का पूरा लाभ तभी होगा यदि इस कार्रवाई को उचित और तार्किक परिणाम तक पहुंचाया जाए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार पर जनता का विश्वास कायम नहीं हो पाएगा उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जल्द ही ईमानदार व योग्य अधिकारियों की विशेष जांच समिति का गठन करने और निदेशक के साथ बराबर के अपराधी पृथ्वी सिंह को भी गिरफ्तार करने की अपील की टिड्डी अर्लट रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित आक्रमण को देखते हुए प्रदेश के चार जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कृषि विभाग के निदेशक आरके कौंडल ने बताया कि बड़े पैमाने पर पड़ौसी राज्यों में टिड्डियों द्वारा फसलों को नष्ट करने की सूचना मिली है और प्रदेश में भी इनके आक्रमण की आशंका है उन्होंने कहा कि कांगड़ा ऊना बिलासपुर और सोलन जिले हाई अलर्ट पर है कौंडल ने कहा कि टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच सोलन कृषि विभाग के उप निरेशक पीसी सैनी ने टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए ज़िले के किसानों से इस संबंध में जारी परामर्श का अनुसरण करने का आग्रह किया है कलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है उन्होंने कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों के लिए राज्य सरकार को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की प्रदेश की सीमाओं पर सही ढंग से जांच नहीं की गई राठौर ने कहा है कि कोरोना माहमारी को लेकर सरकार के सारे दाये और इंतजाम खोखले साबित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है लेकिन जनविरोधी फैसलों पर सरकार का विरोध किया जाएगा

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा

विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए ये तिथि बढ़ाई गई है

उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है इधर हमीरपुर ज़िले में बड़सर उपमंडल की दांदडू पंचायत के तीन वार्डों को भी कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है डीसी कुल्लू कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिले में क्वारंटीन सैंटर के लिए अधिगृहित किए गए शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह सैनिटाइज़ करने के बाद ही संस्थान प्रमुखों को वापिस सौंपा जाएगा उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इन शिक्षण संस्थानों को सैनिटाइज़ करने के निर्देश जारी किए हैं डीसी हमीरपुर हमीरपुर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान पशुओं की देखभाल के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि ज़िले में स्थापित गौ सदनों में चारे की समुचित व्यवस्था की गई है